श्री मोदी ने कहा कि अफवाहें फैलाई जा रही है कि सी ए ए के जरिए बाहरी लोग यहां बस जाएंगे आज कोकराझार में बोड़ो शांति समझौते पर आयोजित समारोह पर एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अभी भी हिंसा का रास्ता अपना रहे उन सभी लोगों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौट आने की अपील की उन्होंने कहा कि बोड़ो युवाओं को इस दिशा में एक उदाहरण के रुप में देखा जा सकता है श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि हिंसा कभी किसी मुद्दे का हल नहीं है

प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद प्राधिकरण सभी हितधारकों को परिषद में शामिल करके विकास का एक नया मॉडल विकसित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एन पी आर के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है राज्यसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सामान्य प्रशासनिक गतिविधियां है जो लंबे समय से चली आ रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि एन पी आर का विरोध करने वाले लोग गरिब विरोधी मानसिकता दर्शाते हैं क्योंकि एन पी आर से प्राप्त होने वाले आकंड़ो का इस्तेमाल गरीबों को सरकारी लाभ सीधे अंतरित करने के लिए किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार पूर्वोत्तर के लंबे समय से बकाया मुद्दों का समाधान करने के वर्तमान सरकार के प्रयासों से इस क्षेत्र में शांति बहाल हुई है और समूचा पूर्वोत्तर देश के अन्य भागों के साथ विकास की मुख्यधारा में शामिल हो गया है मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने कहा है कि राज्य में पुलिस तंत्र को और बेहतर बनाये जाने की जरुरत है और इसके लिए आवश्यक धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी आज ईटानगर स्थित पुलिस मुख्यालय में जिलों के पुलिस अधीक्षक और आई आर बी एन के कमांडेंट के तीन दिवसिय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुलिस अधिकारी अच्छा कार्य कर रहें है लेकिन पुलिस बल को हर तरह से सक्षम बनाएं जाने के लिए कई और कदम उठाएं जाना जरुरी है उन्होंने पुलिस अधिकारियों से सम्मेलन में विचार विमर्श कर अगले पांच वर्षों के लिए एक रोड मैप तैयार करने का आह्वान किया ताकि समय के अनुरुप पुलिस बल को तैयार किया जा सके समारोह में बोलते हुए राज्य के गृहमंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि पुलिस को निष्पक्ष तरीके से बिना किसी दबाव के अपने कार्यों को पुरा करना चाहिए उन्होंने कहा कि वे प्राथमिकता के आधार पर पुलिस तंत्र की जरुरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे है मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने कल ईटानगर में स्मार्ट विलेज मूवमेंट के तहत कृषि स्वास्थ्य ऊर्जा परिवहन और ई कॉमर्स क्षेत्र में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों निगमों और उद्यमों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की चर्चा के दौरान अरुणाचल के विभिन्न जिलों में परियोजनाओं के भविष्य के पाठ्यक्रम के लिए रोडमेप पर विचार विमर्श किया गया स्मार्ट विलेज मूवमेंट एस वी एम उभरते उद्यमियों को अपनी आजीविका के अवसरों को मजबूत करने में मदद करती है सुरक्षा बलो ने गत ब्रधवार को तिरप जिले के हुकानजुरी क्षेत्र से एक एन एस सी एनयू कैडर को पकड़ा सूचना मिलने पर भारतीय सेना और राज्य पुलिस ने संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुए अभियान चलाया और सफलतापूर्वक हार्डकोर कैडर को गिरफ्तार किया

राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के मिशन स्वच्छ भारत स्टर्ट अप और खुले में शौचा के खिलाफ पर सलाह दी उन्होंने सरकारी अधिकारियों को विभागीय कार्यक्रमों योजना और परियोजनाओं को पारदर्शिता ईमानदारीजवाबदेही निरंतरता लेखा परीक्षा समीक्षा और जहां कभी आवश्यक हो वहां मध्य क्रिया में सुधार करने को कहा राज्यपाल ने अधिकारियों को आम जनता के साथ खुलकर मिलने और क्षेत्र एवं साइट का दौरा करने की सलाह भी दी लुकने गांव संगठन ने कल सिलुक गांव में स्थानीय ग्रामीणों को स्वच्छता हरित आवरण और स्थायी आजीविका के लिए प्रेरित करने के लिए एक दिवसीय स्वच्छ सिलुक अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गौरतलब है कि इस वर्ष ईस्ट सियांग जिले का सिलुक गांव को राज्य का सबसे स्वच्छ गांव के रुप में चयनित किया गया था समारोह को संबोधित करते हुए विधायक लोंबो तायेंग ने कहा कि सिलुक गांव के ग्रामीणों ने स्वच्छ भारत मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर उल्लेखनीय परिवर्तन लाया है